मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल अपनी आजीविका के लिए ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी करें

चिकित्सा पेशे में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने इस दिशा म कदम बढ़ाये हैं राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने नौ लाख से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण करके अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है लोगों का जीवन बचाने में कोरोना योद्वाओं के योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के पूर्व और वर्तमान छात्र चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानशीलता प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि हर शिक्षार्थी के अन्दर विनम्रता एवं सेवाभाव भी होना चाहिये

राज्यपाल ने चिकित्सकों तथा डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि सभी कम से कम एक क्षय रोग ग्रसित बच्चे को गोद लें और उनकी देखभाल करें

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है पिछले पांच दशक में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होगा

प्रधानमंत्री की सहभागिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह और प्रसन्नता नजर आ रही है उनके कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही यहां एक नए युग की शुरुआत होगी

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे पश्चिमी उत्तर पदेश के किसानों ने नये कृषि कानूनों का समर्थन किया है हिन्द मजदूर किसान समिति के एक शिष्टमंडल ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट की और नये कृषि कानूनों के समर्थन के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया समिति के सचिव सतीश ने कहा कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उनका संगठन इन कानूनों का पूरी तरह समर्थन करता है

श्री सतीश ने बताया कि संगठन ने नये कानूनों में कुछ संशोधन करने का सुझाव सरकार को दिया है इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद जारी रखना सुनिश्चित करने का सझाव शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है तथा विकास की सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुचाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि सभी का विकास और सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता ह

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया

मुख्यमंत्री ने कृषि बिल के सम्बंध में विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि बिल से किसानों का व्यापक लाभ होगा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

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

दो दिन पहले उन्हें एक अन्य संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए छह बार चुना गया और वे दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे

वे केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने मोतीलाल वोरा के निधन पर दुख व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वोरा जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से थे उन्हें कई दशकों के अपने राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक और संगठन का लम्बा अनुभव था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि वे मानवता की प्रतिमूर्ति थे और नेताओं की उस पीढ़ी से थे जिन्होंने अपनी राजनीति में अंत तक उसूलों का पालन किया

वर्तमान में तीन लाख तीन हजार सक्रिय मामले हैं

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पदश सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है जिससे राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है श्री सहगल ने बताया कि मिशन रोजगार के अन्तर्गत बड़ी संख्या में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है इस अभियान के तहत प्रत्येक जनपद की कार्य योजना बनाई जा रही है उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिये कृत संकल्प है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपूर में रैन बसेरों का निरीक्षण कर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीतलहर को देखते हुए सभी रैन बसेरे निरन्तर संचालित रखने और वहां आने वाले लोगों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि गरीबों की सुविधा के लिये चौराहों एवं प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाये जाये मुख्यमंत्री ने गरीबों को कम्बल आदि का वितरण भी किया